प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि योजना की गोरखपुर से शुरूआत करेंगे

पटना के बामेती में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें राज्यपाल लालजी टंडन और कृषि मंत्री प्रेम कुमार उपस्थित रहेंगे इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में छह हजार रूपये प्रति वर्ष दिया जायेगा योजना का लाभ लेने के लिये प्रदेश के लगभग साढ़े छह लाख किसानों ने अब तक आवेदन किया है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सभी राज्यों को गृह मंत्रालय द्वारा यह परामर्श जारी किया गया परामर्श में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन और उसके द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों के खिलाफ किसी तरह के हमले धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरियों के खिलाफ हमले की हुयी घटनाओं के मद्देनजर ये निर्देश जारी किये गये हैं प्रदेश में मनरेगा के तहत होने वाले कामों की जांच के लिये जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की जायेगी ये लोकपाल सभी तरह के मनरेगा कार्यो में आयी शिकायतों का निपटारा करेंगे साथ ही कार्यों की जांच और मॉनिटिरिंग का भी जिम्मा इनके पास होगा ग्रामीण विकास विभाग ने लोकपाल की नियुक्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं लोग अठाईस फरवरी तक इसके लिये आवेदन कर सकते हैं विशेष जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है राज्य में धान खरीद की जांच के लिये प्रमंडल और जिला स्तर पर जांच दल का गठन किया गया है इस दल में एफसीआई और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं जांच टीम दो हजार पंद्रह सोलह और उसके बाद धान की खरीद से संबंधित कार्यों की समीक्षा करेगी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के लिए प्रदेश भर में आज और कल विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ साथ त्रुटियों में सुधार के लिए निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन लिये जायेंगे प्रदेश के छह अनुमंडलों में पचास पचास बेड के अस्पताल भवन बनाये जायेंगे राज्य सरकार ने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिन अनुमंडलों में अस्पताल का निर्माण होगा उसमें पूर्वी चंपारण का रक्सौल और सिकरहना ढाका दरभंगा का बिरौल खगड़िया का गोगरी और सुपौल का वीरपुर तथा त्रिवेणीगंज शामिल है बिहार राज्य महिला आयोग अब विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह करायेगा प्रनर्विवाह की इच्छा रखने वाली कोई भी महिला आयोग में आकर निबंधन करा सकती हैं आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को अपना जीवन संवारने का एक मौका मिलेगा उन्होंने बताया कि आयोग जल्द ही ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा मौसम विभाग ने पच्चीस छब्बीस और सताईस फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है और लोगों के बीच इसके बारे में पूर्व सूचना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है किशनगंज में एसएसबी के जवानों ने लाखों रूपये मूल्य की सांप के जहर के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है इकतालीसवीं बटालियन के समादेष्टा राजीव राणा ने बताया कि बरामद जहर एक जार में रखा था जिस पर मेड इन फ्रांस लिखा है उन्होंने बताया कि तस्कर को खोरीवारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है वर्ष दो हजार सत्रह में मकर संक्रांति के दिन पटना के एनआईटी घाट पर हुये नाव हादसे में जांच टीम ने सारण के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार राज को दोषी ठहराया है उन्हें परनिंदा की सजा दी गयी है जिसके तहत उन्हें अगले तीन साल तक प्रोन्नति नहीं मिलेगी इस हादसे में पच्चीस लोगों की मौत हो गयी थी पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने वैशाली जिले के तीन थानाध्यक्षों सहित नगरथाना के मुंशी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है वहीं मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों के औचक निरीक्षण के बाद श्री पाण्डेय ने काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के सात आरोपियों को दिल्ली भेजा गया है आज इस मामले की साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई होनी है बहुचर्चित सृजन घोटाले के पंद्रह आरोपियों की पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुयी मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन कल सत्रह जिलों से पैंतालीस परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया वहीं मुंगेर जिले में तीन और सहरसा जिले में एक व्यक्ति को दूसरे के बदले परीक्षा देते हुये गिरफ्तार किया गया बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के फोकानिया और मौलवी की परीक्षा के लिये अठाईस फरवरी से नौ मार्च के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरे जायेंगे परीक्षा मार्च महीने में होनी है शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिये चौरानवे करोड़ छप्पन लाख रूपये जारी कर दिया है मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोईयों के मानदेय में ढाई सौ रूपये वृद्धि किये जाने संबंधी आदेश जारी हो गया है इस महीने से रसोईयों को बारह सौ पचास रूपये की जगह पंद्रह सौ रूपये मिलेंगे चौसठवीं राष्ट्रीय अंडर फोर्टीन कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रतियोगिता के पहले मैच में बिहार ने तेलंगाना को तिरसठ उन्नीस के बड़े अंतर से पराजित किया वहीं अन्य मुकाबलों में कर्नाटक उत्तराखण्ड सीबीएसई हरियाणा दिल्ली आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश केंद्रीय विद्यालय महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की टीमों ने जीत हासिल की गया जिले के मानपुर के शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर देर रात अपराधियों ने किऊल से गया आ रही दो पैसेंजर ट्रेनों मे लूटपाट की इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने बिहार पुलिस के दो जवानों के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कश्मीरियों पर हमले से भीड़ हिंसा की तरह निपटे दैनिक जागरण की सुर्खी है पाकिस्तान पर आतंकवाद के मददगार का लगा रहेगा ठप्पा एफएटीएफ ने टेरर फंडिंग रोकने को कदम नहीं उठाने पर ग्रे लिस्ट में कायम रखा दैनिक भास्कर ने अकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत सात को पांच साल की सजा बीस लाख का जुर्माना प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है आतंकवाद पर अब बात नहीं कड़े एक्शन का समय राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सियोल शांति पुरस्कार की राशि नमामि गंगे को आज लिखता है मौसम विभाग का अलर्ट पच्चीस से ओलावृष्टि की संभावना और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत करेंगे